आज ही के दिन देश के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ एफआरआर बुशर से सैन्य कमान अपने हाथों में ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सभी सैनिकों को शुभकामनाएं दीं श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा भारत की सेना मां भारती की आन बान और शान है सेना दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी सैनिकों के अदम्य साहस शौर्य और पराक्रम को सलाम करता हूं सेना दिवस के अवसर पर सेना कमान मुख्यालय के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में सैन्य परेड और शक्ति प्रदर्शन के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि हमारे सभी सैनिकों और सेना के जवानों के अदम्य साहस और धैर्य को सलाम उन्होंने कहा कि हम उनकी निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र के लिए बलिदान के लिए ऋणी हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां ने भी मातभूमि की रक्षा के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों के साहस दृढ़ निश्चय और कर्तव्यपरायणता को सलाम किया

इस महीने के अंत तक चलने वाले इस विशेष सतर्कता ऑपरेशन में बॉर्डर पर नफरी बढ़ाई जाएगी इसके तहत बीएसएफ के सेक्टर और बटालियन मुख्यालय पर रिजर्व जाब्ते को बोर्डर पर भेजा जायेगा केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर विशेष सतर्कता के निर्देश मिले है पैदल जवानों वाहनों के साथ ऊंटों से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गश्त बढ़ाई जाएगी

श्री चौधरी ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए यह निर्देश दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किसानों को जल्द मुआवजा देने की बात कही थी इधर बाड़मेर जिले में टिडडी नियंत्रण के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया

रेल मंत्रालय ने बताया कि सभी प्रीमियम एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों तथा उपनगरीय ट्रेनों में मीडिया सर्वर लगाये जायेंगे जिनमें कई भाषाओं में फिल्में मनोरंजक कार्यक्रम लाइफस्टाइल से जुडी सामग्रियाँ उपलब्ध होंगी ये मनोरंजक सामग्रियाँ माँग पर यात्रियों को उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पर उपलब्ध करायी जायेंगी

वहीं झालावाड़ और सवाईमाधोपूर में भी कोहरा और बादल छाए रहने के कारण सर्दी का असर और बढ़ गया है राजधानी जयपुर में भी सुबह से ही बादलों की लुकाछिपी चल रही है वहीं शीत लहर के कारण जन जीवन प्रभावित है